प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आईटीबीपी के जवानों के साथ मना रहे हैं दीपावली राज्य निर्वाचन आयोग स्वीप कार्यक्रमों के जरिये लोगों को कर रहा है मतदान के प्रति जागरूक

आज घर घर में मां लक्ष्मी की अराधना के साथ ही सूख समुद्धि की कामना की जायेगी राजसमंद के श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा में श्रद्धालुओं की विशेष भीड़ है सुबह मंगला झांकी के दौरान श्रद्वालुओं में विशेष उल्लास देखा गया दीपावली के अवसर पर राजधानी जयपूर सहित प्रदेश भर के प्रमुख बाजारों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है जयपुर में चार दीवारी में बाजारों में आकर्षक रोशनी की गई तथा प्रशासन की ओर से सुरक्षा और यातायात के विशेष इंतजाम किये गये है

जैसलमेर से लगती भारत पाक सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के जवान भी आज उत्साह के साथ दीपावली मना रहे है भारत पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगती सीमा चौकियों पर तैनात सैनिकों के लिए आवश्यक सामग्री पहुंचाने के साथ ही शुभ कामना सन्देश भी पहुंचाए जा रहे है

उधर रक्षामंत्री निर्मला सीतारामन आज अरूणाचल प्रदेश में आंद्रा ला ओमकार और अनिनी में अग्रिम सीमा चौकियों पर तैनात जवानों के साथ यह त्योहार मनाएंगी यहां वे शहीदों के परिजनों से मिलेंगी

वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि इसका उद्देश्य पड़ोसी देश के साथ बढ़ते व्यापार घाटे को पाटना है शंघाई में वाणिज्य सचिव अनूप वधावन और चीन के वाणिज्य उपमंत्री वांग शाउवेन के बीच हुई बैठक के दौरान इन मुद्दों पर चर्चा हुई वाणिज्य सचिव ने कहा कि इन सभी क्षेत्रों में भारत ने अपनी उत्कृष्टता और ताकत साबित कर दी है इसे देखते हुए चीन के साथ आपसी व्यापार में भारत की महत्वपूर्ण वैश्विक मौजूदगी को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है

अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर फ्लड लाईटों को बदलने का काम किया जा रहा है

राज्य के दोनों प्रमुख दल सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने चुनावी अभियान में अपना पूरा दमखम लगा दिया है इसे के साथ ही तीसरे मोर्च ने भी राज्य में अपनी ताल ठोक दी है वहीं निर्वाचन विभाग आगामी विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदान करवाए जाने के प्रति तत्पर नजर आ रहा है

इन क्षेत्रों को चिन्हित करने का काम किया जा रहा है उन्होंने कल जोधपुर में संभाग स्तरीय बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रकिया अभी भी जारी है मतदान केन्द्रों पर बिजली पानी के साथ रैम्प की व्यवस्था पर भी मंथन किया गया

विधिक माप विज्ञान अधिकारी ने बताया कि भिठाई के डिब्बे का वजन तथा उसका मुल्य द्रकान पर प्रदर्शित करना आवश्यक होगा

पिछले दिनों पहाडी क्षेत्रों में हुई बर्फबारी से सर्दी का एहसास होने लगा है दिन और रात के तापमान में अन्तर बढ़ने लगा हैं देर रात और सुबह सर्दी रहने से लोग गर्म कपड़ों में नजर आ रहे हैं मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में और अधिक गिरावट आ सकती है